यात्रा के दौरान श्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी और सहयोग बढ़ाने के विभिन्न करारों पर विस्तार से चर्चा की इसके बाद दोनों प्रधानमत्रियों की मौजूदगी में विज्ञान शिक्षा प्रौद्योगिकी तकनीकी और न्यायिक क्षेत्रों में सहयोग के करारों पर हस्ताक्षर किये गये उन्होंने श्रो त्शेरिंग के साथ मिलकर बहत्तर सौ मेगावाट की मेंगदेछू पन बिजली परियोजना का भी उदघाटन किया

सिंगापुर के बाद भूटान देश है जहाँ रूपे कार्ड लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी ने आज थिम्फू में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के विद्यार्थियों को भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि घूणा का जीवन में कोई स्थान नहीं है भूटान ने विश्व समुदाय को प्रसन्नता का संदेश दिया है उन्होंने कहा कि प्रसन्नता सौहार्द को बढ़ावा देती है और प्रसन्नचित्त रहकर विश्व समुदाय बहुत कुछ हासिल कर सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास संस्कृति और आध्यात्मिक परम्पराओं के कारण दोनों देशों के बीच अनूठे और गहरे संबंध हैं और इनके कारण ही भारत और भूटान के संबंधों में इतनी घनिष्ठता है श्री मोदी ने कहा कि आध्यात्मिकता और यूवा जोश भूटान की परम्परा है और यह भविष्य में भी भूटान की जीवनशैली का हिस्सा बना रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात पर गर्व है कि भारत भूमि पर ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और बौद्ध धर्म का यहीं से दुनिया में प्रसार हुआ श्री मोदी ने कहा कि यह युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है और इसलिए उन्हें हर चुनौती का नया समाधान ढूंढने के प्रयास करने चाहिए आज भूटान में विपक्ष के र्नता न भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की

उन्होंने पच्चीस करोड़ र्स अधिक की लागत के सूर्यकृण्ड स्थल के पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास तथा बावन करोड़ से अधिक की लागत की पाँच परियोजनाओं का लोकार्पण किया इस अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास तीव्र गति से हो रहा है गोरखपूर में एक वर्ष के भीतर एम्स पूर्णतयाः तैयार हो जायेगा और लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा उन्होंने कहा कि अगल साल यहाँ फर्टीलाइजर कारखाना भी शुरू हो जायेगा श्री योगी ने बताया कि जिले में बारह सौ करोड़ रूपये की लागत से बायोफ्यूल कारखाना लगाया जायेगा और बीआरडी मेडिकल कालेज में एम्स की भाँति सुविधाये मिलेंगी उन्होंने कहा कि सूर्यकुण्ड धाम दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा

शिविर में आये लोगों को सम्बोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि गत चालीस वर्षो में इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत हो गयी लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी आयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस से बचाव में स्वच्छता का बड़ा योगदान है उन्होंने स्वच्छता बनाये रखने के लिए खूले में शौच न करने और अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने की अपीले की

घाटी के कुछ और इलाकों में आज प्रतिबंधों में ढील दी गई कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने ै आज से अपना प्रकाशन भी शुरू कर दिया है सरकारी सूत्रों ने बताया कि कल पूरी घाटी में प्राथमिक विद्यालय फिर से खुलेंगे कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में कल लैंडलाइन फोन सवा बहाल कर दी गई सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि अन्य इलाकों में फोन सेवा धीरे धीरे बहाल कर दी जाएगी

इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक सकारात्मक राजनीति आगे बढ़ रही है

उन्होंने कहा कि सरकार एक नये भारत का निर्माण करने के लिए प्रयासरत है जिसमें हम सभी को सहयोग कराना चाहिए इससे देश खुशहाली और समद्धि के रास्ते पर आगे बढगा

हरियाणा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही बाइट जो आतंकवाद और संरक्षण देने पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है और आगे भी जो बातचीत होगी पाक अधिकृत कश्मीतर पर बात होगी और किसी मुद्दे पर नहीं

यह कार्यक्रम हरियाणा के पंचक्ला जिले में कालका से जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू करने के लिए आयोजित कियो गया था

उन्होंने सहारनपुर के वरिष्ठ प्रलिस अधीक्षक को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री न मृतकों के परिजनों को पाँच पाँच लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की

भारी वर्षा और पड़ोसी राज्यों से छोड़े जा रहे पानी के कारण कई नदियां खतरे के निशान के आस पास बह रही हैं बदायूं में कछला पुल पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं वहीं लखीमपुर खीरी के पलिया कला में शारदा नदी और बाराबंकी के एल्ग्रिन ब्रिज पर घाघरा नदी लाल निशान को पार कर गयी है उधर गोण्डा में घाघरा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है औरैया में राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़ने से यमुना नदी खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है वहीं इटावा में चम्बल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है हमारे संवाददाता ने बताया बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी के कारण हमीरपुर के कई गांवों और अन्य जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है हमीरपूर जनपद में बेतवा और यमूना नदियां उफान पर हैं जिसके चलते एक दर्जन से अधिक गांवों का सड़क संपर्क ट्रट गया है साथ ही हजारों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है सड़क संपर्क और यातायात बहाल करने के लिए पंप सेटों से बाढ़ का पानी निकाला जा रहा है क्षेत्र में बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और जिला प्रशासन चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर बनाए हए है

एमएँस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के सम्भल बलिया फिरोजाबाद बागपत मुरादाबाद मऊ सहित कई जिलों में आज रूक रूककर वर्षा का क्रम जारी है मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटो में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की सम्मावना है

पूनम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली आगरा की चौथी खिलाड़ी हैं पूनम के अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने जाने पर आगरा में जश्न का माहौल है जिले के ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कालोनी में रहने वाली पूनम के माता पिता को बधाइयां देने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पूनम यादव अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी होंगी उन्हें यह प्रस्कार उन्तीस अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में दिया जायेगा पूनम यादव पिछले पाँच साल से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बनी हुई हैं उन्होंने अपने कैरियर में इकतालिस एकदिवस मैच खेलकर तिरसठ विकेट लिये हैं